संक्रमितों का आंकड़ा अठाईस हजार पांच सौ चौसठ पर पहुंचा नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों और सीमावर्ती जिलों में हो रही भारी बारिश के कारण उत्तर बिहार में बाढ़ की स्थिति गम्भीर होती जा रही है राज्य सरकार ने गंडक बागमती और अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में तेजी से हो रही व्रद्धि को देखते हुये तटवर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है वाल्मिकीनगर स्थित गंडक बराज से कल इस साल का अब तक का सबसे अधिक चार लाख छत्तीस हजार क्यूसेक पानी छोड़ा गया वहीं कोसी नदी में वीरपुर बराज से तीन लाख बयालीस हजार क्यूसेक और बराह से होकर दो लाख सतासी हजार क्यूसेक पानी छोड़ा गया जल संसाधन विभाग के सचिव संजीव हंस ने बताया कि अत्यधिक पानी छोड़े जाने के कारण दोनों नदियों के निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गयी है लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम जारी है पूर्वी चम्पारण पश्चिम चम्पारण मुजफ्फरपुर गोपालगंज सारण और वैशाली जिला प्रशासन को अलर्ट किया गया है उन्होंने बताया कि अभी प्रदेश के आठ जिलों के एक सौ नब्बे पंचायतों की चार लाख से अधिक की आबादी बाढ़ प्रभावित है श्री हंस ने बताया कि ग्यारह जिलों में एनडीआरएफ की सोलह टीमों को तैनात किया गया है राहत और बचाव कार्य जारी है इधर पश्चिम चम्पारण से हमारे संवाददाता ने बताया है कि लौरिया रामनगर और नरकटियागंज रोड पर बाढ़ का पानी चढ़ जाने के कारण आवागमन पूरी तरह ठप हो गया है जिले में बहने वाली सिकरहना नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि से प्रखंड मूख्यालय सहित आस पास के ग्रामीण क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गये हैं वहीं पंडई नदी का पानी बढ़ने से साठी थाना क्षेत्र के कई गांव में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है सिकटा में वसंतपूर गांव के पास त्रिवेणी केनाल का दक्षिणी तटबंध लगभग पच्चीस फीट पानी के तेज बहाव में बह गया है गोपालगंज में गंडक नदी उफान पर है कुचायकोट प्रखंड के कई गांवों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की मदद से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है पूर्वी चम्पारण से हमारे संवाददाता ने बताया है कि नेपाल से निकलने वाली नदियों के उफान के कारण कई जगहों पर आवागमन बाधित हो गया है जान नदी के जलस्तर में वृद्धि से ढ़ाका प्रखंड के उत्तरी हिस्सों में बाढ़ का पानी तेजी से प्रवेश कर रहा है वहीं पहाड़ी नदियों तिलावे बंगरी दुधौरा और सिकरहना का पानी बंजरिया प्रखंड के तेरह पंचायतों में प्रवेश कर गया है सीतामढ़ी जिले में भी सभी प्रमुख नदियां उफान पर हैं बागमती नदी का पानी ढेंग रेलवे लाईन से नेपाल की सीमा तक फैल गया है सुप्पी प्रखंड में बांध के अन्दर बसे जमला परसा टोला और मेजरगंज के रसूलपुर छनकी तथा रघुनाथपुर समेत अन्य गांवों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है वहीं बरहरवा से जमला रसुलपुर और छनकी जाने वाली सड़क पर बाढ़ के पानी का तेज बहाव शुरू हो गया है जिससे आवागमन बाधित है दरभंगा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि बागमती नदी का पानी नये इलाकों में प्रवेश कर रहा है सदर प्रखंड के वासुदेवपुर पंचायत का नेरला गांव चारों तरफ से बाढ़ के पानी से धिर गया है नदी के पूर्वी किनारे में बसे गांवों में भी बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गयी है दरभंगा शहर के भी कई इलाकों में पानी बढ़ने लगा है इधर मध्रबनी जिले के खजौली प्रखंड क्षेत्र में कमला नदी के तटबंधों में तेजी से कटाव हो रहा है झंझारपुर प्रखंड के संतनगर पंचायत के एक सौ पच्चीस से अधिक परिवार बाढ़ से प्रभावित हैं इधर शिवहर जिले में बागमती नदी के उफान के कारण पिपराही प्रखंड के बेलवा इनरवा नरकटिया और पुरनहिया समेत कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गये हैं बेलवा स्थित सुरक्षा तटबंध में लागातार कटाव हो रहा है अररिया जिले में परमान और बकरा सहित अन्य नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी से रामपुर मोहनपुर पंचायत के रहमत टोला में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गयी है वहीं नूना नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी से सिकटी के घोड़ाचौक गांव में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है खगड़िया जिले में कोसी नदी का पानी डुमरी गांव में फैल गया है द्रसरी तरफ सहरसा जिले के नवहट्टा प्रखंड में स्पर पर दबाव बना हुआ है

सुपौल जिले के मरौना प्रखंड के दर्जनों गांव में बाढ़ के हालात उत्पन्न हो गये हैं वहीं छातापुर प्रखंड में कोसी की सहायक नदी सुरसर के जलस्तर में बढ़ोतरी से छातापुर चुन्नीपथ पर कटाव शुरू हो गया है

अभी सुपौल में दो और गोपालगंज में तीन राहत शिविर चलाये जा रहे हैं वहीं गोपालगंज में नौ सुपौल में दो पूर्वी चम्पारण में बारह और दरभंगा में तेईस सामुदायिक रसोई घरों का भी संचालन किया जा रहा है लगातार हो रही भारी बारिश के कारण प्रदेश के सभी नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो गया है बागमती कोसी और गंडक के जलग्रहण क्षेत्र की सभी नदियों के जलस्तर में व्रद्धि हो रही है पिछले चौबीस घंटों के दौरान महानंदा नदी का जलस्तर दो मीटर तक ऊपर पहुंच गया है बागमती का जलस्तर एक दशमलव सात दो मीटर जबकि लालबकैया का जलस्तर एक दशमलव छह सात मीटर बढ़ा है नदी सीतामढ़ी के कटौंझा में अब लाल निशान से दो मीटर से ऊपर पहुंच गयी है कमला और अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में भी डेढ़ मीटर तक की वृद्धि दर्ज की गयी है प्रदेश में मॉनसून अभी सक्रिय बना हुआ है मौसम विभाग के अनुसार अगले चौबीस घंटों में उत्तर बिहार के कई जिलों में मध्यम से भारी और दक्षिण बिहार के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की सम्भावना है विभाग के अनुसार मॉनसून की अक्षीय रेखा का पूर्वी भाग हिमालय की तराई से होकर गुजर रहा है इससे अररिया किशनगंज मधुबनी सुपौल और शिवहर में भारी बारिश हो सकती है इधर पिछले चौबीस घंटों के दौरान सबसे अधिक एक सौ चालीस मिलीमीटर बारिश दरभंगा जिले के हायाघाट रिकॉर्ड की गई प्रदेश में पिछले चौबीस घंटे के दौरान वज्रपात की अलग अलग घटनाओं में तेईस लोगों की मौत हो गयी जबकि नौ अन्य घायल हो गये हैं बांका जिले में सात लोगों की मौत हुई है वहीं नालंदा में चार और जमुई में तीन लोग मारे गए गया लखीसराय और नवादा सहित पांच जिलों में नौ लोगों की मौत हुई है इनमें अधिकतर लोग खेतों में काम करते समय हादसे के शिकार हुए राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों के मारे जाने पर गहरा दुख व्यक्त किया है मुख्यमंत्री ने मृतकों के निकटतम परिजनों को चार चार लाख रूपये की अनुग्रह राशि देने के निर्देश दिये हैं प्रदेश में कोविड उन्नीस के ग्यारह सौ नौ नये मामले सामने आने के साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर अठाईस हजार पांच सौ चौंसठ हो गयी है सबसे अधिक एक सौ तीस मामले पटना जिले में पाये गये हैं वहीं मुजफ्फरपुर में एक सौ ग्यारह मामलों की पुष्टि हुई है इसके अलावा गया जिले में एक सौ आठ रोहतास में सड़सठ और वैशाली जिले में छिहत्तर मामले सामने आये हैं राज्य में पटना सबसे अधिक प्रभावित जिला है यहां चार हजार से अधिक लोग संक्रमित पाये गये हैं जबकि बत्तीस लोगों की मृत्यु हुई है अब तक अठारह हजार सात सौ इकतालीस लोग इलाज के बाद स्वस्थ हो चुके हैं वहीं नौ हजार छह सौ चौबीस लोगों का इलाज चल रहा है छियासठ प्रतिशत लोग स्वस्थ हो चुके हैं इधर इस महामारी से पिछले चौबीस घंटों के दौरान ग्यारह लोगों की मौत हुई है दरभंगा से भाजपा के विधान पार्षद सुनील कुमार सिंह का देर रात पटना एम्स में निधन हो गया वे कोरोना संक्रमित थे हालांकि हृदय गति रूकने को उनकी मौत का कारण बताया गया है सुनील कुमार सिंह के निधन पर राज्यपाल फागू चौहान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल सहित कई गणमान्य लोगों ने गहरी संवेदना जतायी है प्रदेश में सात सौ बारह पुलिस कर्मी कोरोना संक्रमित पाये गये हैं एडीजी मुख्यालय जितेन्द्र कुमार ने बताया कि इनमें से दो की मौत हो चुकी है जबकि दो सौ से अधिक स्वस्थ हो चुके हैं पटना जिले के गोला रोड स्थित भारतीय स्टेट बैंक शाखा के मुख्य प्रबंधक समेत उन्नीस अधिकारी कर्मचारी कोविड उन्नीस संक्रमित पाये गये हैं वहीं पटना के लोकायुक्त कार्यालय के दस कर्मी और पीएमसीएच के एक डॉक्टर समेत तेरह अन्य चिकित्सा कर्मी संक्रमित पाये गये हैं राज्य के सभी अनुमंडल अस्पतालों में कोरोना का इलाज होगा राज्य के मुख्य सचिव दीपक कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में अधिकारियों को इस संबंध आवश्यक कार्रवाई तत्काल शुरू करने को कहा गया है उन्होंने बताया कि इन अस्पतालों में पचास प्रतिशत बेड कोविड मरीजों के लिए सुरक्षित रहेंगे श्री कुमार ने बताया कि प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में भी एक सौ बेड का अलग वार्ड कोरोना मरीजों के लिए बनाया गया है जहां ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध है उन्होंने बताया कि प्रदेश के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर शुक्रवार से कोविड उन्नीस जांच की सुविधा शुरू हो जायेगी राज्य सरकार ने प्रदेश के जिलास्तरीय निजी अस्पतालों में कोविड उन्नीस के उपचार की अनुमति दे दी है इससे पूर्व सिर्फ पटना में निजी अस्पतालों को कोरोना के इलाज के लिए चिन्हित किया गया था सूचना और जनसम्पर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने बताया कि जिलाधिकारियों को यह अधिकार दिया गया है कि वे अपने जिले में निजी अस्पतालों को चिन्हित कर इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित करे राज्य के कोविड डेडिकेटेड अस्पताल नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अधीक्षक निर्मल कुमार सिन्हा को पद से हटा दिया गया है उनकी जगह शिशु रोग विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर विनोद कुमार सिंह को नया अधीक्षक बनाया गया है

मंत्रालय ने कहा है कि यह मास्क कोरोना वायरस को बाहर निकलने से नहीं रोकता है स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक डॉक्टर राजीव गर्ग ने सभी राज्यों के स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा प्रमुख सचिवों को इस संबंध में पत्र लिखा है

इस वर्ष कोविड उन्नीस महामारी को देखते हुए अमरनाथ यात्रा रद्द कर दी गई है हालांकि पारम्परिक अनुष्ठान बिना किसी व्यवधान के सम्पन्न कराए जाएंगे पावन गुफा के दर्शन के लिए सुबह और शाम की आरती का टेलीविजन से सीधा प्रसारण किया जाएगा प्रदेश के पांच नव निर्वाचित राज्यसभा सदस्य सहित पैंतालीस सांसद आज शपथ लेंगे इनमें जदयू के हरिवंश और रामनाथ ठाकुर राजद के प्रेमचंद गुप्ता और अमरेन्द्र धारी सिंह तथा भाजपा के विवेक ठाकुर शामिल हैं राज्यसभा सभापति एम वैंकेया नायडू के कक्ष में सांसदों को शपथ दिलवाई जायेगी भारतीय जनता पार्टी ने बिहार भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल को लोक सभा में पार्टी के मुख्य सचेतक पद से मुक्त कर दिया है डॉक्टर जायसवाल के स्थान पर अब मध्य प्रदेश के राकेश सिंह को लोकसभा में पार्टी का मुख्य सचेतक नियुक्त किया गया है मुंगेर के बहुचर्चित एके सैंतालीस रायफल तस्करी मामले में नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय जांच एजेंसी की विशेष अदालत में पूरक आरोप पत्र दाखिल किया गया है एनआईए के प्रवक्ता ने बताया कि यह आरोप पत्र मुंगेर निवासी मोहम्मद मुर्शीद के खिलाफ दायर किया गया है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 हिन्दुस्तान की सुर्खी है सभी अनुमंडल अस्पतालों में होगा कोरोना का इलाज दैनिक जागरण ने पूर्णियां में हुये गैस सिलेंडर विस्फोट में छह लोगों की मौत की खबर को पहले पन्ने पर स्थान दिया है प्रभात खबर लिखता है कहलगांव में बनेगा देश का सबसे लम्बा रेल सड़क पुल एलएसी पर तनाव को प्राथमिकता देते हुये दैनिक भास्कर ने लिखा है चीन सीमा पर मोर्चाबंदी भारतीय नौसेना के समुद्री लड़ाकू जेट मिग उनतीस विमानों की अब होगी तैनाती

संक्रमितों का आंकड़ा अठाईस हजार पांच सौ चौसठ पर पहुंचा